मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर बाईपास का लोकार्पण कियाराजा मानवेंद्र शाह के नाम पर बाईपास का नाम रखने की घोषणा की

स्लग स्वच्छता अभियान केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीनगर में गंगा स्वच्छता सम्मेलन का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने पांच हजार से ज्यादा लोगों को गंगा की स्वच्छता की शपथ दिलाई शपथ दिलाते हुए केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए कृत संकल्प होकर काम करने की जरूरत है उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमति से गरुड़चट्टी में प्रवास करने की बात कही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये गंगा की स्वच्छता के लिए हठयोग से काम करने की पक्षधर हैं उन्होंने राज्य में नदियों की स्वच्छता को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने वैज्ञानिक तौर पर नदियों की अविरलता को बनाये रखने का शासनादेश जारी किया है अब किसी भी परियोजना में किसी नदी को पूर्ण रूप से नहीं रोका जाएगा इस सम्मेलन में नमामि गंगे के तहत निर्मित तीन घाटों का लोकार्पण किया गया साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले पांच लोगों को भी सम्मानित किया गया

उन्होंने कहा कि आवागमन की बेहतर व्यवस्थाओं से प्रदेश के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिल सकेगा

शिवालिक परियोजना के तहत बीआरओ द्वारा निर्मित नरेंद्रनगर बाईपास का नाम राजा मानवेंद्र शाह के नाम पर रखे जाने की घोषणा भी उन्होंने की उन्होंने सीमान्त क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं के विकास में बीआरओ के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस बाईपास से स्थानीय लोगों के साथ ही प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी सुविधा होगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऑलवेदर रोड के बारे में भी बात की उन्होंने कहा कि ऑलवेदर रोड काफी चौड़ी और बेहतर बन रही है आधुनिक तकनीक से निर्मित इन सड़कों का बहआयामी उपयोग भी हो सकेगा कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मेंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड बनने से चारधाम यात्रा सुगम होगी जो पर्यटन के विकास में सहयोगी होगी और पलायन को रोकने में भी मददगार होगी

उन्होंने हरिद्वार के ग्राम औरंगाबाद में नवनिर्मित पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन किया इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि साध् संत मंदिर निर्माण के लिए जनजागरण करने जा रहे है संघ संत महात्माओं का समर्थन करता है और वे संत महात्माओं के साथ हैं इस दौरान बाबा रामदेव ने अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनाये जाने की बात कही समारोह में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज योगग्रु बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे स्लग मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों के साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूयज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री अपने इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं

यहां आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पुनरीक्षण अधिकारी ब्रिगेडियर अनूप सिंह चौहान ने वीर जवानों को शपथ दिलवाई उन्होने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया साथ ही उन्होंने सेना के इन नये जवानों से देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हुए कर्ततव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया परेड के दौरान इन युवा सैनिकों के गौरवांवित अभिभावकों को देश के लिए उनकी भूमिका और योगदान के लिए गौरव पदक से सम्मानित किया गयज्ञं स्लग आर्मी भर्ती हल्द्वानी में आज से सेना में विभिन्न पदों के लिए भर्ती शुरू हो गयी हैं

जिनमें से बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल और ऊधमसिह नगर जिले के अभ्यर्थियो ने अपना पंजीकरण कराया है

इस भर्ती में सैनिक जीडी तकनीकी नर्सिंग सहायक क्लर्क एसकेटी ट्रैडमैन फार्मा सहित कई पदों के लिए भर्ती की जा रही है

उन्होंने फिल्म के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉअनिल चन्दोला और नोडल अधिकारी केएसचौहान ने फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई नये स्थलों को फिल्मों की शूटिंग के लिए विकसित किया जा रहा है उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अधिकारियों ने गुजरात दिल्ली राजस्थान तेलंगाना उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के अधिकारियों से भी विस्तृत चर्चा की और फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सुझाव मांगे

जिसमें राज्य के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र व स्वयं सहायता समूहों के ऑर्गेनिक उत्पाद छाए रहे हफ्तेभर तक चले इस मेले का स्थानीय लोगों ने काफी लुत्फ उठाया साथ ही स्थानीय उत्पादों की बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़े

हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया था राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार उत्पादों को सराहना मिली है सरस मेले में स्वंय सहायता समूहों द्वारा लगाए गए हस्तशिल्प कला के विभिन्न स्टॉल आर्कषण का केन्द्र रहे